प्रद्षण जावडेकर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज कहा कि केन्द्र सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं

उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब भी संभव हो लोगों को पैदल चलना चाहिए या साईकिल का इस्तेमाल करना चाहिए

जन आंदोलन अपील कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गये है

भाजपा कांग्रेस बहजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं शिवपुरी के पोहरी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कई जनहितेषी योजनाओं को बन्द करने का आरोप लगाया उधर मुरैना में केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर की मौजूदगी में बसपा नेता सोबरन सिंह सिकरवार अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए वहीं अशोकनगर में कांग्रेस ने रिटर्निंग अधिकारी पर भाजपा प्रत्याशी की मदद का आरोप लगाया है कांग्रेस के पूर्व विधायक निशंक जैन ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के नामांकन की तीन आपत्तियों को रिटर्निंग अधिकारी ने बिना किसी ठोस वजह के खारिज कर दिया

जबकि दिव्यांगों को यूडीआईडी कार्ड देने में प्रदेश दूसरे नम्बर पर है इस मामले में आंध्रप्रदेश शीर्ष पर है

कोरोना महामारी के दौरान दूसरे प्रदेशों से आए प्रवासी श्रमिकों के परिवार के दिव्यांग सदस्यों को भी इसमें जोड़ा गया है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

आज देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है राजधानी भोपाल में विभिन्न देवी मंदिरों में श्रद्धालु सुबह से देवी दर्शन के लिये पहुंचने लगते हैं देवास में माता टेकरी स्थित प्राचीन मंदिरों में कोरोना संक्रमण के चलते भक्तों के लिये विशेष इंतजाम किये गए हैं उधर सतना के मैहर में एडिसनल एसपी सुरेन्द्र कुमार जैन ने मेला परिसर के सभी हिस्सों का जायजा लेते हुए लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी वहीं आगरमालवा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में कोरोना संकमण के उपायों का इस्तेमाल करते हए श्रद्धाल देवी के दर्शनों के लिये पहंच रहे हैं नीमच में भी नवरात्रि उत्सव समितियों ने इस बार गरबा और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया है मंडला में नवरात्रि के दूसरे दिन मंदिरों के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू है हालांकि इसके बावजूद श्रद्वालु भक्ति भाव के साथ मंदिरों में दर्शन के लिये पहुंच रहे हैं

इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी शामिल है